कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहने दो गज़ की दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी यह परियोजना विश्व बैंक समर्थित है स्टार्स परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास कार्यान्वयन मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था है

स्टार्स परियोजना को केन्द्र दवारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जायेगा

आज जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से म्ख्यमंत्री ने यह निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सरकार की इन जन महत्वकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी उन्होंने कहा कि एलईडी ग्राम लाईट योजना के तहत जिन स्थानों पर प्रोडक्शन का कार्य श्रू हो चुका है उन स्थानों पर सीडीओ और संबंधित विभागीय अधिकारी जाकर महिला स्वयं सहायता समूहों से कार्य में आ रही समस्याओं की जानकारी लें और उन्हें दूर करें उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में कुछ क्षेत्र हब के रूप में विकसित करने होंगे उन्होंने निर्देश दिये कि त्योहारों के सीजन के को देखते हए स्थानीय स्तर पर बनाये गये उपकरणों की मार्केटिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहयोग दिया जाय मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी को रोकने के लिए सभी जिलों में सघन अभियान चलाये जाने विद्यूत लाइनों की वजह से होने वाली द्र्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश भी दिये पीयष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोटद्वार नई दिल्ली और टनकप्र नई दिल्ली दो जनशताब्दी रेलों के संचालन का संज्ञान लिया है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री से राज्य के लिए आवश्यक दो जनशताब्दी ट्रेनों की मांग की है सांसद बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उत्तराखंड में ऐतिहासिक विकास कार्य हए हैं केंद्रीय योजनाओं का राज्य को भरपूर लाभ मिला है उन्होंने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के कार्यकाल में जितना रेल स्विधाओं का लाभ उत्तराखंड को मिला है इतने कार्य राज्य में पहले कभी नहीं हए सांसद बलूनी ने कहा कि कोटदवार और टनकप्र से भारी संख्या में लोग हर रोज दिल्ली के लिए यात्रा करते हैं लेकिन सीधी स्विधाजनक रेल की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी उन्होंने कहा कि इन दोनों रेलों के संचालन के बाद राज्य के प्रम्ख रेल हेड से दिल्ली की यात्रा सुगम हो जायेगी सिनेमाहॉल खले आज से सिनेमाहॉल थियेटर और मल्टीप्लेक्स पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल गए हैं लगभग आठ महीने के अंतराल के बाद ख्ले सिनेमाघर आने वाले सभी दर्शकों और कर्मचारियों के लिए मास्क के अलावा स्रक्षा से ज्ड़े अन्य मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी और सांस लेने से संबंधित बातों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होगा सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और केवल उन्हीं व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अन्मति होगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे सभी प्रवेश दवारों और कार्य क्षेत्रों में हाथ को सेनेटाइज करने की व्यवस्था होगी

राजधानी देहरादून में ऑपरेशन सत्य की सफलता की समीक्षा के लिए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि ऑपरेशन सत्य से कैसे शहर में चल रहे नशे के कारोबार को बंद किया जाएगा इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए चारधाम यात्रा चारधाम यात्रा के लिए कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है अभी तक एक लाख पंद्रह हजार से अधिक तीर्थयात्री चार धाम के दर्शन कर चुके हैं यह संख्या लगातार बढ़ रही है

बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने कहा कि अब प्रदेश से बाहर लोगों को कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट औरक्वारंटीन की शर्तों को हटा दिया गया है जिससे ई पास की संख्या बढ़ी है अब बदरीनाथ धाम के लिए तीन हजार केदारनाथ के लिए तीन हजार गंगोत्री के लिए नौ सौ और यमुनोत्री के लिए सात सौ तीर्थयात्री प्रति दिन दर्शन के लिए पहुंच सकते है इसमें हेलीकॉप्टर से आनेवाले तीर्थयात्रियों की संख्या शामिल नहीं है

इसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था

आनंद वन की डिजाइनर साधना जयराज ने बताया कि इसे तैयार करने में करीब सवा तीन साल का वक्त लगा है आंनद वन में वन्य जीवों को सिर्फ मूर्ति रूप में चित्रित ही नही किया गया है बल्कि उनके विषय में लिखित जानकारी भी दी गई है

कॉर्बेट पार्क के तीन जोन रात्रि विश्राम के लिये पूरी तरह से ख्ल रहे हैं अभी तक पेला और झिरना रेंज ही पर्यटकों के लिये दिन के भ्रमण के लिये खुले हए थे